मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जन शिकायतों के निवारण के लिए जनमंच कार्यक्रम को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने पठानकोट चम्बा पांगी लेह मार्ग को भारतमाला परियोजना में शामिल करने का केन्द्र से किया आग्रह

राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

विधेयक अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण विधेयक पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह कानून युवा वर्ग को अपना कौशल दिखाने और देश का स्वरूप बदलने की दिशा में योगदान के व्यापक अवसर सुनिश्चित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्वांजलि है जिन्होंने एक मजबूत और समावेशी भारत की परिकल्पना की थी मुझे खुशी है जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना आदिवासियों के हक को छीने बिना ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश को सवर्णों के उच्च वर्ण के लोगों के भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है विधेयक मुख्यमंत्री इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संसद में इस विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक बताया

उन्होंने इस फैसले को सामाजिक समरसता और गरीब स्वर्णो के उत्थान में ऐतिहासिक कदम बताया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से लोगों की वर्षो पुरानी लंबित मांग पूरी हुई है मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा जन शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम का सफल कियान्वयन सरकार की एक वर्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक न्यूज चैनल के साथ हिमाचल वार्ता के दौरान ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोन्द्र की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से छूटे हुए परिवारों को निशुल्क गैस कुनैक्शन देने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत्त है और आयुष्मान भारत योजना या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत शामिल नहीं होने वाले परिवारों के लिए हिमकेयर योजना शुरू की गई है किशन कपूर प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को गुणवक्तायुक्त खाद्यान उपलब्ध करवानें के प्रति वचनबद्व है

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज शिमला में बताया कि एकत्रित किए गए खाद्यानों के इन नमूनों को विशलेषण के लिए निदेशालय स्थित विभागीय प्रयोगशाला को भेजा गया है उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नमूना निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बिंदल प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है

उन्होंने कहा कि दैनिकभोगी बनने से हर जलवाहक कर्मचारी का मासिक वेतन तीन गुणा बढ़ गया है बिंदल ने कहा कि इन कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में समस्याओं को लेकर उन्होंने स्वयं शिक्षा निदेशालय स्तर पर चर्चा कर इस मुद्दे को सुलझाया है मुलाकात सिराज विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव नागेश्वर सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से मुलाकात की और अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल होने की घोषणा की नाचन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र सिंह ने भी समर्थकों सहित भाजपा का दामन थामा मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें संगठन द्वारा पूरा सम्मान दिया जाएगा राठौर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने पूर्व महासचिव कुलदीप सिंह राठौर को प्रदेश कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है पार्टी हाईकमान ने ठाकुर सुखविंद्र सिंह को हटा कर कुलदीप राठौर को ये जिम्मेदारी सौंपी है इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत की तरफ से आज अधिसूचना जारी कर दी गई है संभवत कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये नियुक्ति की है आयुष्मान भारत चंबा केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है केन्द्र द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हो रही है योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रूपए तक के मुफत ईलाज का प्रावधान है विश्व की सबसे बड़ी योजना का लाभ लेकर चंबा ज़िला के गरीब लोग विभिन्न बीमारियों का ईलाज करवा पा रहे हैं

चंबा ज़िला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के बगड़ू निवासी प्रताप सिंह श्वास रोग से पीड़ित हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त ईलाज करवा रहे हैं

निश्चित तौर पर पैसों के अभाव में विभिन्न बीमारियों की चपेट में आने वाले गरीब व कमजोर वर्ग के लोग पहले अपना ईलाज नहीं करवा पाते थे मगर केन्द्र की आयुष्मान भारत योजना शुरू होने से कई गंभीर बीमारियों का ईलाज संभव हुआ है चंबा से विकास ठाकुर के साथ मैं राजकुमारी चंदेल आकाशवाणी समाचार शिमला हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने पठानकोट चम्बा चुराह पांगी लेह सड़क मार्ग को केन्द्र की महत्वकांक्षी भारतमाला परियोजना में शामिल करने का केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया हंसराज ने बताया कि ये सड़क मार्ग सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सेना को लेह पहुंचने के लिए पठानकोट मण्डी मनाली लाहौल होकर करीब नौ सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है

केन्द्रीय परिवहन मंत्री ने विधानसभा उपाध्यक्ष को इस विषय में विचार करने का भरोसा दिया इस मौके नाचन के विधायक विनोद कुमार भी मौजूद रहे इस बीच विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा मैडिकल कॉलेज और चुराह निर्वाचन क्षेत्र की मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी भेंट की

बीएसएनएल लाहौल स्पीति जिले में पिछले तीन दिन से बीएसएनएल की संचार सेवा ठप्प होने से लोग परेशान हैं जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सहगल ने बताया कि घाटी में संचार सेवा बाधित होने से लोगों का एक दूसरे से सम्पर्क करना मुश्किल हो रहा है

बीएसएनएल के केलंग स्थित कार्यालय के सहायक अभियंता श्यामलाल ने कहा कि ओएफसी मीडिया फाइबर में खराबी के चलते ये समस्या उत्पन्न हुई है

प्रदेश विकलांगता सलाहकार बोर्ड और विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है